वे सड़सठ वर्ष की थीं दिवंगत नेता का पार्थिव शरीर नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान से लाकर उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था इसके बाद उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित करने के लिए भाजपा मुख्यालय ले जाया गया दिवंगत नेता का लोधी रोड श्मशान गृह में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व विदेशमंत्री सृषमा स्वराज के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की राष्ट्रपति कोविंद ने अपने शोक संदेश में कहा कि उन्हें सुषमा स्वराज के निधन के समाचार से गहरा धक्का लगा है उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड ने कहा कि सृषमा स्वराज श्रेष्ठ प्रशासक विलक्षण सांसद और ओजस्वी वक्ता थीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुषमा स्वराज के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके जाने से भारतीय राजनीति के एक गौरवमय अध्याय का अंत हो गया है अँपने कई ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह नहीं भूल सकते कि सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री के रूप में पिछले पांच वर्षो में किस लगन और अथक परिश्रम के साथ काम किया पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने संदेश में कहा है कि वे सूषमा स्वराज के निधन से दुखी हैं

सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आंडवाणी ने कहा है कि सूषमा स्वराज भाजपा की सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थीं और महिला नेताओं के लिए आदर्श थीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी पूर्व विदेशमंत्री के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्वांजलि दी संवाददाताओं से बातचीत करते हुए अभित शाह ने कहा कि सुषमा स्वराज के निधन से न केवल भाजपा को बल्कि पूरे राजनीतिक जगत को नुकसान हुआ है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 विदेश मंत्री एस जयशंकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर और कई अन्य नेताओं ने सूषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है विभिन्न राजनीतिक दलों से भी शोक संदेश प्राप्त हुए हैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मार्क सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी और बहजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी सृषमा स्वराज के निधन पर दःख व्यक्त किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिवंगत नेता के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

सभापति एम वेंकैया नायडू ने अपने शोक संदेश में कहा कि तीन बार सदन की सदस्य रह चकीं सषमा स्वराज अपने चार दशक के सार्वजनिक जीवन में एक अनुकरणीय व्यक्तित्व के रूप में उमरीं श्री नायडू ने कहा कि देश ने एक कशल प्रशासक एक प्रभावशाली सांसद और लोगों की सच्ची आवाज को खो दिया है बाद में सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखा प्रसार भारती के अध्यक्ष एसूर्य प्रकाश ने सृषमा स्वराज को एक महान लोकतंत्रवादी बताया है जिन्होंने हर वर्ग के व्यक्ति के साथ अपने आपको जोड़ा आम जनता के साथ क्या रिश्ता रखना चाहिए ये पूरा सुषमा स्वराज जी के पब्लिक लाइफ में है हमको देखने को मिलता है सूषमा जी हमारे इन्फार्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री थे पूरा प्रसार भारती परिवार आज उनका काम याद करते हैं और हम सब बहत दुखी हैं आम जनता के साथ उनका जो रिश्ता था ऐसे मीडिया के साथ सुषमा जी शी हेड ए फेंटेस्टिक रिलेशनशिप प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्नाथ ने भी श्रीमती सु ामा स्वराज पर गहरा दुख व्यक्त किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के प्रावधानों को हटाने की घोषणा की है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 संसद के दोनों सदनों में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाये जाने का प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है उच्चतम न्यायालय में अयोध्या भूमि विवाद मामले की आज दूसरे दिन भी सुनवाई हुई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 निर्मोही अखाड़ा ने कल न्यायालय से दो दशमलव सात सात एकड़ भूमि के नियंत्रण और प्रबंधन की वकालत की थी मध्यस्थता का प्रयास विफल होने पर उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई चल रही है